देशभर में और विदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में राजघाट और संसद भवन में आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाएंगे और वहां प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल से आश्रम को मुक्त बनाने के लिए प्लॉगिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में लॉगिंग की तरफ राष्ट्र का ध्यान आकर्षिक किया था बाद में प्रधानमंत्री साबरमती नदी के किनारे पर पहुंचेंगे जहां वे बीस हज़ार से अधिक ग्राम सरपंचों की मौजूदगी में राष्ट्र को खले में शौच जाने से मुक्त घोषित करेंगे प्रधानमंत्री गांधीजी की पुस्तक माई लाइफ इज़ माई मैसेज का विमोचन करेंगे और स्मारक डाक टिकट और सिक्के जारी करेंगे कल शाम एक संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि महात्मा गांधी एक वैश्विक हस्ती थे जिन्हें समूचे विश्व में सम्मानपूर्वक याद किया जाता है उन्होंने सभी को सम्प्रदायिक एकता अस्पृश्यता उन्मूलन और महिलाओं के उत्थान के लिये प्रेरित किया

इनके जरिए बापू के संदेशों और उनके योगदान को प्रदर्शित किया जायेगा शासकीय कार्यक्रमों के साथ साथ तमाम गैरसरकारी संगठनों द्वारा भी प्रदर्शनी संवाद परिचर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मुख्य कार्यक्रम प्रशासन अकादमी में होगा उच्च शिक्षा विभाग के मैं हूं गांधी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल होंगे इस मौके पर मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक चित्रोपम गांधी और वंदनीय बापू का विमोचन भी किया जायेगा मुख्यमंत्री कमलनाथ आज शहर सरकार आपके द्वार अभियान और श्रमिक कल्याण अभियान से जुड़े पोर्टल का अनावरण करेंगे वहीं पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश मिन्टो हॉल में गाँधी दर्शन पर्यावरण और प्रकृति विषय पर व्याख्यान देंगे मुख्यमंत्री आज लालपरेड ग्राउण्ड से स्वच्छता के संदेश पर केन्द्रित महिलाओं की कार रैली को भी रवाना करेंगे इस रैली में विण्टेज के साथ साथ कई विदेशी कारें भी शामिल होंगी

ग्राम सभाओं का शुभारंभ बापू के पुण्य स्मरण के साथ होगा ग्राम सभाओं में गाँधी जी के ग्राम स्वरोजगार महिला स्वावलम्बन ग्राम स्वराज से ग्राम्य विकास तथा सादा जीवन उच्च विचार के मूल सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रम होंगे गांधीजी स्वच्छता को ईश्वर के करीब जाने का रास्ता मानते थे

मुख्यमंत्री ने शुभकामना संदेश में कहा कि भारत को आज गाँधी दर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है आज भोपाल स्थित राजभवन में ध्रपद गायन समारोह आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम में पद्मश्री कलाकार गुंदेचा बंधु प्रस्तुति देंगे गांधी जी का मध्यप्रदेश से भी गहरा नाता रहा

खण्डवा में गांधी जयंती के अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा सद्भावना शिविर का आयोजन आज किया जायेगा

वहीं चार पुलिस महानिरीक्षकों को पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया है प्रदेश में सामने आये हनी ट्रेप मामले की जांच कर रही एसआईटी के चीफ संजीव शमी को भी उनके पद से हटाया गया है उनकी जगह विशेष पुलिस महानिदेशक राजेन्द्र कुमार अब ये जिम्मेदारी दी गई है आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के महानिदेशक केएन तिवारी की जगह सुशोभन बैनर्जी को ई ओ डब्लू का प्रभार दिया गया है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेन्द्र श्रीवास्तव को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चैयरमैन बनाया गया है वहीं बी मधु कुमार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है निवेश नीति राज्य सरकार नई निवेश नीति पर काम कर रही है मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कल भोपाल में बिल्डिंग मध्यप्रदेश कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया कि इसका फोक्स निवेश के साथ रोजगार लाना है नए नजरिए के साथ निवेश नीति बनाई जाएगी मुख्यमंत्री ने अगामी इन्वेस्टर्स समिट के बारे में स्पष्ट किया कि केवल प्रचार के लिये एमओयू नहीं होंगे उन्होंने कहा कि जीएसटी के बाद मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति निवेश की दृष्टि से लाभदायी है

मॉनसून मानसून सीजन पूरा होने के बाद भी राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने से शाम के बाद फिजां में ठंडक घुलने लगी है हालांकि अभी मानसून विदा नहीं हुआ है

दक्षिण पूर्व राजस्थान और इससे सटे पश्चिमी मध्यप्रदेश पर कम दबाव का क्षेत्र बना हआ है तथा वायुमंडल में चक्रवाती घेरा भी कायम रहने से यह वर्षा हो रही है विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान शाजापुर आगरमालवा दतिया शिवपुरी श्योपुर राजगढ़ गुना अशोकनगर नीमच मंदसौर टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी आशंका जताई है विभाग ने तीन या चार अक्टूबर से वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के संकेत दिए हैं समाचार संक्षेप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ आई मुरुगन कल शिवपुरी के भावखेड़ी ग्राम में पिछले सप्ताह घटित घटना दो दलित बच्चों की हत्या की जानकारी लेने पहुंचे भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कल चित्रकला प्रतियोगिता के साथ वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत हुई